कांगड़ा कुल्लू चंबा सोलन सिरमौर बिलासपुर और शिमला जिलों में कल रात से लगातार भारी वर्षा हो रही है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है कांगड़ा जिले में कल रात बाधित हुआ मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि कल्लू मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रो के अधिकतर सम्पर्क मार्ग भारी बारिश के चलते बंद है जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ब्यास नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे के न जाने की सलाह दी है मनाली के पलचान में स्कूल भवन को क्षेति पहुंची है वहीं कूल्लू वैली पूल को जोड़ने वाली सड़क भी बह गई है क्षेत्र में मक्की की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है चंबा से हमारे प्रतिनिधी ने बताया कि भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद हो गया है हालांकि बालूपुल के रास्ते वाहनों को चलाया जा रहा है वहीं मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के भी फंसे होने का भी समाचार है कूर गांव में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है चंबा के मुख्य बस अड्डे का एक भाग रावी नदी में बह गया है सोलन से हमारे प्रतिनिधी ने बताया कि कालका शिमला रेलवे लाईन पर पेड़ गिरने से रेलमार्ग बाधित हो गया है

कांगड़ा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि बारिश के चलते पेयजल योजनाओं को करोड़ो रूपये की क्षति होने का अनुमान है सिरमौर के नाहन में पुलिस लाईन के साथ देहली गेट के समीप जमीन धसने से दो ट्रक और एक ँ कार के चपेट में आने का समाचार है जबकि जिले के अधिकतर सम्पर्क मार्ग भी बंद है मौसम विभाग द्वारा आज भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए रैड अलर्ट जारी किया गया है लाहौल स्पिति से हमारे प्रतिनिधी ने बताया है कि चन्द्रताल में बर्फबारी हो रही है जिसके कारण सैकंडों पर्यटक वहां फस गए है स्पिति प्रशासन द्वारा रैस्क्यू टीम को रवाना कर दिया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है ग्राम्फू काजा सम्दोह मोर्ग भी बंद हो गया है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा के भी काजा में फसने का समाचार है

इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्तियों पेयजल ड्रग माफिया और बागवानी को लेकर भी सवाल प्रछे गए हैं

प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है

इनमें से कुछ संदेश कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल सुर्खी है बेरहम बारिश हिल गया हिमाचल आपका फैसला लिखता है भारी बारिश ने प्रदेशभर में बरपाया कहर ब्यास के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हाई अलर्ट जारी

हिमाचल से दूरदर्शन की आवाज नीलम शर्मा नहीं रही की खबर सभी अखबारों में प्रकशित है नए उद्योगो पर एनजीटी की रोक और कब्बडी स्टार अजय ठाकूर को अर्जुन अवार्ड दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता ने प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है शहरों में मकान बनाने को बनेगी लैंड पूलिंग पॉलिसी आपका फैसला की एक खबर है अब एसएमसी के माध्यम से भर्ती नहीं होंगे शिक्षक